केन्द्र सरकार ने धान की खरीद में नमी के मापदंड में दो प्रतिशत की दी छूट

पछ्आ हवा के कारण प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड

राज्य सरकार को भेजी गयी सूचना में केन्द्र ने दो प्रतिशत की छूट देने का निर्देश दिया है सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह ने बताया कि अब किसानों से उन्नीस प्रतिशत नमी वाले धान की भी खरीदारी पैक्सों के माध्यम से की जायेगी श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार ने धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर तीस लाख टन कर दिया है प्रदेश में पछुआ हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह में कोहरा छाया हुआ है अगले चौबीस घंटे तक ऐसी ही स्थिति बने रहने के आसार है मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान के बढ़ने की सम्भावना नहीं है जबकि अधिकतम तापमान में बदलाव हो सकता है गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है जबकि पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो डिग्री जबकि भागलपुर और पूर्णियां का नौ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा जबकि दिन में अच्छी धूप निकलेगी लेकिन रात में फिर ठंड बढ़ जायेगा वहीं कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है कई ट्रेने घंटों विलंब से चल रही है

कई विमान दो से तीन घंटे देरी से पहुंच रहे हैं कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय से अयोध्या मामले की त्वरित न्यायालय में सुनवाई के लिए अपील की है श्री प्रसाद लखनऊ में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे कानून मंत्री ने कहा कि यदि सबरीमाला मंदिर के मामले में ऐसा हो सकता है तो लंबे समय से लंबित चले आ रहे आयोध्या के मामले में ऐसा क्यों नही हो सकता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 आकाशवाणी समाचार से एक विशेष भेंटवार्ता में श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय की इन आश्रय गृहों के लिए प्रत्येक राज्य में एकल परिसर स्थापित करने की योजना है बाईट केरल से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं कहना चाहूंगी कि कई आश्रयगृहों में गलत हो रहा है मैं कहना चाहती हूं कि प्रत्येक राज्य में एक आश्रयगृह हो जहां सभी परित्यकत बच्चों को रखा जाये जहां से उन्हें गोद भी लिया जा सकेगा और इसकी निगरानी एक एजेंसी करेगी वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि अगर राजस्व बढ़ा तो जीएसटी की दर कम की जा सकती है श्री जेटली ने फेसबुक पर जीएसटी के अठारह महीने शीर्षक से लिखे ब्लॉग में कहा है कि आने वाले समय में आम लोगों के जीवन में प्रतिदिन काम आने वाले सामानों की मानक दर एक समान की जायेगी जबकि विलासिता और अहितकर वस्तुओं उच्चतम कर के दायरे में ही रहेंगी वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की अगली प्राथमिकता सीमेंट की दर को कम करने की है केन्द्र सरकार ने राज्य के जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पीओएस मशीन लगाने के लिए मार्च दो हजार उन्नीस तक का अल्टिमेटम दिया है केन्द्र सरकार ने कहा कि अगर मार्च तक यह व्यवस्था नहीं की गयी तो अनाज देने में कठिनाई होगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव भरत दुबे ने बताया कि मशीनों का दर तय करने की प्रक्रिया चल रही है इसके बाद मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नालंदा जिले के पचपन दुकानों में ऐसी मशीने काम कर रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जा रही है नई दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्वांजलि अर्पित की जाएगी आवास और शहरी मामले मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समाधि के मध्यवर्ती मंच का निर्माण नौ वर्गाकार ब्लॉकों से किया गया है और बीच में एक दीप प्रज्ज्वलित किया गया है इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं क्रिसमस का त्योहार आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर गिरिजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है पटना के बांकीपुर आर्क बिशप चर्च कुर्जी चर्च गांधी मैदान स्थित क्राईस्ट चर्च बाकरगंज के वैपटिस्ट चर्च समेत अन्य गिरिजाघरों को रंग बिरंगी रौशनी से सजाया गया है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं ऊर्जा मंत्रालय ने अगले वर्ष एक अप्रैल से तीन साल में सभी विद्युत मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलने का निर्णय लिया है मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कदम से बिजली कंपनियों के कार्य में सुधार और ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन इस मीटर से गरीब उपभोक्ताओं को पूरे महीने का बिल एक बार में भुगतान नहीं करना होगा और वे अपनी जरूरतों के हिसाब से भुगतान करते रहेंगे बाढ़ और बख्तियारपुर में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण सत्ताईस दिसम्बर को पटना जसीडीह मेमू पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी वहीं विक्रमशिला एक्सप्रेस मुगलसराय गया किउल मार्ग से होकर चलेगी जबकि पूर्वा एक्सप्रेस मुगलसराय से गया धनबाद होकर चलेगी उधर पलामू एक्सप्रेस में स्थाई रूप से सेकेंड एसी का एक कोच जोड़ दिया गया है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में रिश्वत लेते पंचायती राज पदाधिकारी सह पंयायत सचिव अनुप लाल मंडल को गिरफ्तार किया है टीम ने आरोपी के पास से पैंतालीस हजार रूपये बरामद किये हैं पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र स्थित पनटोका बार्डर आउट पोस्ट के पास से एसएसबी के जवानों ने तीन किलो नौ सौ ग्राम चरस और सैंतीस किलो गांजा बरामद किया है इस मामले में एक महिला समेत दो लोंगों को गिरफ्तार किया गया है बरामद चरस और गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ पचानवे लाख रुपये बताई गई है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के पुत्र राहुल आनंद से प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग के मामले में कड़ी पूछताछ की पूछताछ के दौरान आनंद ने अधिकारियों को कई जानकारियां दी है राजधानी पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में बिहार की टीम जीत के करीब पहुंच गयी है बिहार ने आठ विकेट पर पांच सौ पांच रन बनाकर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी जिसके जवाब में नगालैंड की टीम तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक सात विकेट पर एक सौ बारह रन ही बना सकी है जबकि जीत के लिए उसे अभी तीन सौ पैंतीस रनों की जरूरत है उधर सीवान में चल रही तीन दिवसीय सातवीं बिहार हैंडबॉल महिला प्रतियोगिता के टूर्नामेंट में मेजबान टीम ने पटना को छह के मुकाबले बाईस अंकों से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है इसके साथ ही दिल्ली में कल से शुरू हो रही पैंतीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है राज्य के पुलिसकर्मी अब मोबाईल एप के माध्यम से छुट्टी का आवेदन दे सकेंगे छुट्टी मिलते ही पुलिस जवान या अधिकारी के मोबाईल पर मंजूरी का संदेश आ जायेगा मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना के रेलवे स्टेशन के पास एक मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधी एक व्यवसायी से तीन लाख रूपये के आभूषण लूट कर फरार हो गये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के सर्वोदय नगर गांव में पुलिस ने एक कार से छिहत्तर कार्टून विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है ड्राइविंग सीख रही युवती ने चार को रौंदा दैनिक जागरण ने सोशल मीडिया का द्रूपयोग रोकने को आईटी एक्ट में संशोधन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने लिखा है अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चार को सुनवाई प्रभात खबर ने अपनी पहली खबर बनाया है राजगीर में डेढ़ लाख साल पुरानी सभ्यता के मिले प्रमाण और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्र सरकार ने धान की खरीद में नमी के मापदंड में दो प्रतिशत की दी छूट

पछुआ हवा के कारण प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड